शहीद जवान श्रद्वांजलि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर आज शाम रायपुर विमानतल पहुंचा

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवान गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर विदाई दी मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्यज साह कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद सुनील सोनी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद गणेश कुंजाम ने देश के लिए शहादत दी है ऐसे महान सप्त पर छत्तीसगढ़वासियों को गर्व है उन्होंने शहीद गणेश कुंजाम की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांकेर जिले में स्थित उनके गांव गिधाली की शाला का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की श्री बघेल ने शहीद जवान के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के साथ ही शहीद के पिता इतवारी राम कुंजाम को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि का चेक सौंपा विमानतल पर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम कांकेर जिले के गिधाली गांव के लिए रवाना कर दिया गया गौरतलब है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के बीस जवान शहीद हो गए थे इनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जवान गणेश कुंजाम भी शामिल था इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद जवान गणेश कंजाम और सेना के अन्य जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि इन सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी भाजपा राजनीतिक कार्यक्रम रद्द भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जिला संवाद समेत सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को दो दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है यह निर्णय भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में लिया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगले दो दिनों के लिए वर्चुअल रैलियों सहित अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने तथा रिथति को और सामान्य बनाने का संकेत देते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से राष्ट्रव्यापी अनल ॉक के दूसरे चरण की योजना तैयार करने का अनुरोध किया है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सु दृढ़ करने की रूपरेखा पर चर्चा की उन्होंने फिर कहा कि समय पर लिए गये सरकार के निर्णयों से देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी हद तक मदद मिली है प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से देश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों मास्क बीमारी का पता लगाने वाली किट वेंटिलेटर आदि के स्वदेश में निर्माण की क्षमता बढ़ाई गयी है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित बारह नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें नौ जांजगीर चांपा और तीन कोरिया जिले से हैं वहीं आज तीन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जांजगीर चांपा के जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले में मिले सभी नौ मरीज ग्राम तागा के हैं इनमें पांच नाबालिग भी शामिल हैं पहले भी इस गांव में तेईस मरीज मिले चुके हैं उधर कोरिया जिले में बैकुंठपुर ब्लॉक में कोरोना संक्रमित तीन नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से दो संक्रमित मरीज बैकुंठपुर के होटल में पेड क्वारेंटाइन में थे और एक जगतपुर के क्वारेंटाइन सेंटर में था तीनों मरीजों को बैकुंठपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है वहीं महासमुंद जिले में कल देर रात चार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इधर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक शादी समारोह में शामिल हुए युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शादी में शरीक सभी लोगों को होम आइसोलेशन पर रहने के लिए कहा गया है प्रधानमंत्री कोयला नीलामी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है आज वीडियो क ॉन्फ्रेंस के जरिए इकतालीस कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरूआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है प्रधानमंत्री योग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की इक्कीस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे उनका यह संबोधन सुबह साढ़े छह बजे दूरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा सुबह सात बजे से सात बजकर पैंतालीस भिनट तक योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा इसके बाद सुबह आठ बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें इधर प्रदेश में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इक्कीस जून को सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा इस वर्ष की थीम योग एट होम एण्ड योग विद फैमिली है

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारण किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

अभियान के पहले दिन पशुपालकों से अपने आसपास के वातावरण और शहर को साफ सुथरा तथा दुर्घटनामुक्त रखने के लिए संकल्प पत्र भरवाया जाएगा इसके लिए नगरीय निकायों में मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की तैयारी की गई है इसके अलावा खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा रोका छेका संकल्प अभियान शहरी क्षेत्रों में भी जोर शोर से चलाया जाएगा इसका उद्देश्य शहर की सड़कों को पशु मुक्त और साफ सुथरा रखने के साथ साथ दुर्घटनामुक्त भी रखना है इस अभियान से शहरों के आसपास स्थित खेतों की फसलों बाड़ियों उद्यानों आदि की भी सुरक्षा हो सकेगी अभियान का उद्देश्य मवेशियों से खरीफ फसलों और शहरों के आसपास स्थित फसलों बाड़ियों तथा बाग बगीचों की सुरक्षा करना है यह अभियान तीस जून तक चलेगा टिड्डी दल मध्यप्रदेश से होकर राजनांदगांव जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद टिड्डी दल कबीरधाम जिले की ओर आगे बढ़ गया है मिली जानकारी के अनुसार एक दिन पहले टिड्डियों का यह दल मध्यप्रदेश के लांजी से होते हुए जिले के साल्हेवारा में प्रवेश कर गया था टिड्डी दल ने पहाड़ी क्षेत्र में मंडराने के बाद वहीं डेरा जमा लिया था सूचना मिलने के बाद कृषि और वन विभाग की टीम ने इस टिड्डी दल को भगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी की जिसके बाद पटाखें फोड़कर बाजा बजाकर और कीटनाशक की सहायता से टिड्डियों को जिले से बाहर खदेड़ा गया राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि हवा की तेज गति के साथ टिड्डी दल यहां से आगे बढ़ गया है हालांकि वापसी का भी अंदेशा बना हआ है निगरानी दलों को सतर्क रहने को कहा गया है इस बीच खबर मिली है कि टिड्डी दल कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चाटी के डोंगरीटोला में भी पहुंच गया है टिड्डियों के इस दल से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने फायर बिग्रेड वाहन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया हाथी मौत रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ ब्लॉक के बेहरमार फॉरेस्ट डिवीजन में एक हाथी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है हाथी की मौत किस वजह से हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है इससे एक दिन पहले धरमजयगढ़ वनमंडल में ही गेरसा गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक अन्य हाथी की मौत हो गई थी गौरतलब है कि प्रदेश में बीते दो हफ्तों के दौरान अलग अलग घटनाओं में छह हाथियों की मौत हो चुकी है सूरजपुर और बलरामपुर में तीन मादा हाथियों की मौत हुई थी वहीं धमतरी जिले में भी एक हाथी की मौत हो गई थी

बरामद खाल की कीमत लगभग दस लाख रूपये बताई जा रही है पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राहक बनकर सादी वर्दी में पुलिस के सदस्य ने बारूला नदी के पास खाल खरीदने का सौदा किया बाद में पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया आरोपी ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा का रहने वाला है माओवादी क्वारेंटाइन बीजापुर जिले में पुलिस ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार कर क्वारेंटाइन में रखा है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान पेद्दाकवाली के जंगल में एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है कि इस माओवादी के सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित होने के बाद उसे क्वारेंटाइन किया गया है महिला माओवादी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के डर के कारण उसे माओवादियों ने संगठन से निकाल दिया है इस बीच बस्तर पुलिस ने दावा किया है कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व कोरोना संक्रमण के डर से सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण वाले अपने सदस्यों को संगठन से अलग कर रहा है वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के भय से माओवादी संगठन छोड़कर वापस आने वाले माओवादी कैडरों के बारे में संबंधित क्षेत्र के थाना चौकी या कैंपों में सूचना दे ताकि उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके माओवादी शहरी नेटवर्क माओवादियों की मदद करने के आरोप में पुलिस ने एक कम्प्यूटर व्यवसायी को गिरफ्तार किया है इसकी गिरफ्तारी कल देर रात राजनांदगांव में कांकेर पुलिस ने की है राजनांदगांव निवासी इस आरोपी की राजधानी रायपुर में कम्प्यूटर सेंटर की दुकान है आज सुबह आरोपी को राजधानी स्थित उसकी दुकान में लाया गया बाद में उसे पुलिस कांकेर ले गई आरोप है कि इस व्यवसायी ने माओवादियों को वॉकी टॉकी कम्प्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति की है गौरतलब है कि कांकेर पुलिस माओवादियों की मदद करने के आरोप में पहले ही पंद्रह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर इस कम्प्यूटर व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है राज्यपाल शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ चेप्टर का शुभारंभ किया इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि इसके प्रारंभ होने से प्रदेश में डायबिटिक फुट से ग्रसित मरीजों को इलाज में विशेष सुविधा मिलेगी साथ ही इस बीमारी के प्रति आम लोगों में जागरूकता आएगी इससे इस बीमारी के मरीज पैर खोने से बच जाएंगे उन्होंने कहा कि यह मानवीय कार्य है केंद्रीय वित्त मंत्रालय राशि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए तीन सौ तिरसठ करोड़ पचास लाख रूपये की मूलभूत राशि जारी की है केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंचायतों को मूलभूत राशि की यह पहली किश्त है

ऑनलाइन शिक्षा के नाम से निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली की शिकायत पर रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने इस पर रोक लगा दी है यदि कोई निजी विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस विद्यालय के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यो और प्रबंधकों को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें उन्होंने कहा कि पालकों और बच्चों को परेशानी में न डालें लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में या मोबाइल के माध्यम से फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है वहीं आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की खबर है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई है आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है